भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल सहयोगी राजनीतिक दलों के नेताओं को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया है बताया जा रहा है कि रात्रिभोज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल होंगे

उधर तेलगूदेशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायंडू के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेता आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के साथ मतदान पुष्टि पर्ची मिलान का मुद्दा उठायेंगे

मतगणना तैयारी प्रदेश में चार चरणों में शान्तिपूर्वक मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना कार्य को व्यवस्थित और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिये सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं

भोपाल में भी मतगणना के लिये तैयारियां पूरी हो गई हैं इस दौरान सुरक्षा के ठोस इंतजाम किये गये हैं होशंगाबाद और मंडला संसदीय क्षेत्र को लिये मतगणना कार्य नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिये मतगणना कार्य जिले की कृषि उपज मंडी मुख्यालय में किया जाएगा गौरतलब है कि जिले की चार विधानसभा सीटों में से नरसिंहपुर गाडरवाढ़ा और तेंद्खेड़ा होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में और गोटेगांव सीट मंडला लोकसभा क्षेत्र में आता है सीधी में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कल मतगणना स्थल का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये मुरैना में भी मतगणनाकर्मियों को सुबह सात बजे मतगणना स्थल पर पहुॅचने का आदेश दिया गया है रायसेन में कल मतगणना और निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के संबंध में स्टैडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें चुनाव आयोग के प्रावधानों और निर्देशों की जानकारी दी गई बैतूल भिंड खंडवा उमरिया से भी मतगणना तैयारियों की समाचार मिले है

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

इस लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत में कांटे का मुकाबला है

गोपाल भार्गव ने कहा कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में कमलनाथ के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सदन में शक्ति परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि वे पिछले पांच माह में उनकी गठबंधन सरकार चार बार अपना बहुमत साबित कर चुकी है और फिर से ऐसा करने को तैयार हैं

समाजवादी पार्टी का एक विधायक जीता था और चार निर्दलीय विधायक जीते थे कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई है शिवराज आरोप भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओ को द्वेष की भावना में रखकर निशाना बनाया जा रहा है श्री चौहान कल इंदौर के सांवेर में मतदान के दिन हमले में घायलों से मिलने पहंचे थे

इस हमले में तंवर की पत्नी और बहू भी घायल हो गयीं थीं श्री चौहान ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि मृतक नेमीचंद भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनके द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान किये जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद उनकी हत्या कर दी गयी वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने हत्या की इस घटना को बेहद दुखद व निंदनीय बताया है श्री सलूजा ने भाजपा पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पर लगाए सारे आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं श्री सलूजा ने दावा किया कि हत्याकांड का एक आरोपी चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं के साथ जनसंपर्क कराते व मंच साझा करते हुए दिखाई दिया था

इस अवसर पर प्रदेश में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जायेगा इसका मकसद युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के दुष्परिणाम बताना है आज राज्य सरकार के सभी कार्यालयों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में आतंकवाद और हिंसा विरोधी शपथ दिलाई जायेगी

आतंकवाद विरोधी दिवस पर विद्यालयों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाद विवाद व चर्चाएँ की जायेंगी आतंकवाद और हिंसा के खतरे के संबंध में परिचर्चा सेमीनार तथा व्याख्यान भी करवाये जायेंगे

विश्व कप में अकादमी के खिलाड़ियों का चयन होने पर खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी है